युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने और फिट इंडिया के तहत ऊना में निकाली गई साईकिल रैली लाहौल की पट्टन घाटी में फागली उत्सव और चम्बा जिले की पांगी घाटी में जुकारू पर्व की धूम मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की विशालता और विविधता लोगों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है वे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा कर रहे थे एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की विविधता देश के हर नागरिक को गर्व से भर देती है उन्होंने दिल्ली के हनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आयोजन देश की संस्कृति खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नागरिकों के फिट रहने पर जोर दिया उन्होंने लोगों से अपनी रूचि के अनुसार साहसपूर्ण गतिविधि चुनने का आहवान किया

उन्होंने सम्मेलन के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया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

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की आज की कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के जोड़ीदार राज्य केरल की प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं केरल के तिरुवनंतपूरम जिले में रिथत कोवलम अपने खूबसूरत बीच और ताड़ के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया के सबसे दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है इस क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती और वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं

इसके अलावा निकटतम रेलवे स्टेशन भी त्रिवेंद्रम ही है और सड़क मार्ग द्वारा भी कोवलम पहंचा जा सकता है कॉलेज इस बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कांगड़ा के शाहपुर महाविद्यालय को केरल राज्य के तीन महाविद्यालयों से जोड़ा गया है शाहपुर महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों को केरल राज्य की जानकारी दी गई विद्यार्थियों को केरल के राजा पजहस्सी की जीवनी भी सुनाई गई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 इस संबंध में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई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 इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह मंडी शहर के प्रसिद्व टारना माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर में आने वाले लोगों से बातचीत भी की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 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने रैली को हरी झंडी दिखाई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 उपायुक्त संदीप कुमार ने हमारे संवाददाता राजेश शर्मा को बताया कि रैली के माध्यम से फिट इंडिया का संदेश भी दिया गया

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार इस दौरान लोग घर की छतों पर बर्फ का शिवलिंग स्थापित कर विधिवत प्रजा अर्चना कर भविष्य में अच्छी फसल की कामना करते है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने घाटी के लोगों को फागली उत्सव की बधाई देते हुए सभी की खुशहाली की कामना की है इधर चंबा जिले की पांगी घाटी का जुकारू पर्व आज हर्षोल्लास के साथ आरंभ हुआ मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भरमौर के विधायक जियालाल कपूर और पूर्व मंत्री ठाक्र सिंह भरमौरी ने लोगों को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी है महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने मंडी जिले के संधोल में आज रोजगार मेले का श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि श्रम व रोजगार विभाग द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है

बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है कांगड़ा जिले में डाडासीबा के सदवां में नेचर पार्क के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि वनों व प्रकृति के संरक्षण से प्रदेश आय के अच्छे साधन अर्जित कर सकता है बाद में उद्योग मंत्री ने डाडासीबा विद्यालय के समारोह में करीब सौ मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार मंदिरों के सौंदर्यीकरण और इनमें सुविधाएं विकसित करने पर बल दे रही है सुलह क्षेत्र के ननाओं में आज जिला स्तरीय शिवरात्रि मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार समाज में समरसता और मेल जोल की संस्कृति को बढ़ावा देते है उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया आकाशवाणी आकाशवाणी केंद्र धर्मशाला द्वारा आज केंद्र का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख गेरिन्द्र सी ठाक्र ने बताया कि आकाशवाणी धर्मशाला ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं में एक अमिट छाप छोड़ी है निधन सोलन से कांग्रेस की पूर्व विधायक मेजर कृष्ण मोहिनी का आज पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया